विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने के लिए इस खास मौके पर आज हिमाचल प्रदेश राज्य रैडक्रॉस सोसायटी ने छोटा शिमला स्थित रैडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया शिविर का शुभारम्म राज्य रैडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में रैडक्रॉस सोसायटी की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने मास्क वितरित करने और गरीबों को भोजन बांटने जैसे विभिन्न कार्य रैडक्रॉस के माध्यम से किए जा सकते हैं

उधर ऊना जिला रैडक्रास सोसायटी ने इस मौके पर कोरोना संकट से जुझ रहे कोरोना योद्वाओं को सम्मानित किया उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान स्वयं सेवी संस्थाए बढ़चढ़ कर अपना सहयोग दे रही हैं कोरोना हमीरपुर प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव मामलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल की बिझड़ी पंचायत से कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है

उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को भोटा स्थित राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपायुक्त ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के परिजनों सहित सम्पर्क में आए अन्य लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं

गोविंद ठाकूर ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों से क्वारंटीन नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है ताकि जिले को कोरोना मुक्त बनाए रखा जा सके

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मनरेगा के तहत कार्य शुरू हो गया है इस दौरान जिला में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भूमि सुधार के कार्य किए जा रहे हैं जिले की नालडा पंचायत में मनरेगा कामगार आपदा की इस घड़ी में घर द्वार पर काम मिलने से काफी खुश है उनका कहना है कि मनरेगा के अन्तर्गत काम करके लोग खेत से जहां फसल जुटा पाएगे वहीं मनरेगा दिहाड़ी मिलने से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी इधर सिरमौर जिले में सरकार के दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग ने किसानों के लिए सोलर फैंसिंग और मृदा संरक्षण संबंधी कार्य शुरू किए हैं उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि जिले में कृषि विभाग की लगभग सभी योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुके हैं भाजपा सैनेटाईजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार पार्टी ने हिमाचल के लिए एक लाख सैनिटाईजर की पहली खेप भेजी है भाजपा के प्रदेश महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये सैनिटाईजर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में भेजे जाएंगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाईजर बेहद जरूरी है जम्वाल ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा देश के सभी राज्यों को सैनिटाईजर भेजे जा रहे हैं